पीएम जनऔषधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नईदिल्ली से वीडियों कान्फ्रेंस के जरिए जन औषधी दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रधानमंत्री जन औषधी परियोजनों के सात केन्द्रों से बातचीत करेंगे इस योजना की उपलिब्धयों के प्रसार तथा इसे गति देने के लिए सात मार्च को देशभर में जन औषधी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री चयनित स्टोर के मालिको और लाभार्थियों से बातचीत करेंगे प्रत्येक जनऔषधी केन्द्र से दूरदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश भी प्रसारित होगा चयनित स्टोर में चिकित्सकों संवाददाताओं औषधी विकेताओं के साथ जन औषधियों के बारे में परिचर्चा आयोजित की जायेगी भोपाल में पीरगेट के समीप स्थित प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्र पर भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा हर्षवर्धन सख्त कार्यवाही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवधन ने अधिक मूल्य पर मॉक्स बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं कोरोना वायरस संकमण की आशंका में बाजार में मॉक्स की मांग बढी है और उसके लिए सामान्य से अधिक कीमत ली जा रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल संकमण से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और राज्यों से पर्याप्त सुविधाओं के साथ आईसोलेशन वार्ड और परीक्षण प्रयोगशालाएं तैयार रखने को कहा

डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यो और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों केन्द्रीय मंत्रियों और संबंद्व संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियों कान्फ्रेंस के जरिए बैठक की और लोगों को ऐहतियाती उपायों के बार में जागरूक करने पर जोर दिया इन्दौर में कल संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने सभी प्रमुख शासकीय और निजी अस्पतालों की बैठक ली बैठक में श्री त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है

जिनमें से सात की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ये सभी रिपोर्ट निगेटिव आई है और कोरोना वायरस का संकमण नहीं पाया गया है जीआई टैग प्रदेश की स्थानीय विशिष्ट फसल प्रजातियो के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भौगोलिक सांकेतिक जीआईटैग के साथ फसलों का चयन प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन और विपणन व्यवस्था संबंधी रण्नीति निर्धारण के लिए कल भोपाल की प्रशासनिक अकादमी में कार्यशाला हुई इसमें कृषि वैज्ञानिकों ने खाद्यान्न दलहन तिलहन लघ् धान्य फसलों की उत्पादन संभावनाएं चुनौतियां और जीआई टैग पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया इस मौके पर किसान कल्याण और कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने कहा कि विशिष्ट वस्तुओं का बाजार बहत तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश के अन्य विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए भी जीआईटैग हासिल करने की पहल इस कार्यशाला के माध्यम से की गई है कार्यशाला में बताया गया कि मध्यप्रदेश एक जिला एक फसल की अवधारणा पर काम करने वाला पहला राज्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत सागर केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत नागालैण्ड विश्वविद्यालय और डॉक्टर हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर में अपने संस्कृति को सांझा किया

जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की संस्कृति साकार होती नजर आई इस कार्यक्रम का कल समापन हो गया समापन अवसर पर मुख्य अतिथि सागर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृति रितिरिवाज परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है इतनी विविधता के होते हुए भी अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है इस अवसर पर नागालैण्ड विश्वविद्यालय की डॉक्टर राधारानी ने हिन्दी में भाषण देते हुए लोककलाओं और संस्कृति को प्रेरणादायी बताया उपार्जन प्रकिया खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा है कि इस वर्ष अच्छी बारिश होने से गेहूं का रकबा बढ़ा है और अधिक उत्पादन की संभावना है इसको ध्यान में रखते हुए सभी कलेक्टर्स अपने जिले में गेहूं खरीदी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें किसानों को खरीदी केन्द्र पर किसी प्रकार की परेशानी नही होना चाहिए किसानों को त्वरित भुगतान के लिए सभी संभव उपाय किये जाये श्री शुक्ला कल इन्दौर में रबी उपार्जन की संभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे इस बैठक में रबी उपार्जन से संबंधित वसूली भण्डारण तथा वितरण व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई

इसकी असली शक्ति आध्यात्मिक है जो देश को बांधे रखती है और आगे बढ़ाती है मुख्यमंत्री कल बिट़ठन मार्केट के दशहरा मैदान में यादव महासभा के प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जागरूक समाज होने के नाते यादव समाज की बुजुर्ग और नौजवान पीढ़ी का कर्त्तव्य है कि देश के मूल्यों को पहचाने और नई पीढ़ी को देश के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित करायें ओरछा उत्सव रामराजा की नगरी ओरछा में ओरछा महोत्सव के दूसरे दिन आज संगीत संभाएं होंगी आज वहां स्वास्थ्य एवं योग सत्र जंगल प्रकृति भ्रमण फोटोग्राफी एडवेंचर स्पोर्टस टाइकल टूर सहित अन्य कार्यक्रम होंगे शाम को फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर की सांस्कृतिक संध्या और भारतीय शास्त्रीय संगीत की अग्रणी गायिका शुभा मुदगल का गायन होगा इसके साथ ही कत्थक नृत्य एवं बेतवा नदी के कंचन घाट पर महाआरती होगी

वनमंत्री उमंग सिंगार ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि होली में कम से कम लकड़ी का उपयोग करें ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा आम नागरिकों से अपील की है कि बिजली की लाइनों के नीचे होलिकादहन न करें आनंद द्वार मुरैना मुरैना कलेक्टर प्रियंकादास ने कल अपने कार्यालय में मानवता के साथी आनंद द्वार नामक अभियान का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि जिले में पीड़ित असहाय और परेशान लोगों की मदद के लिए यह अनूंठी पहल की जा रही है इस अवसर पर राज्य आनंद संस्थान के अधिकारी भी उपस्थित थे मौसम प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल रात हुई बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ गई है मौसम में आये बदलाव से किसान परेशान है उमरिया जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि केरकेली जनपद के घूलघूली क्षेत्र के आसपास कल देर शाम तेज बारिश के साथ ओले गिरे इससे मसूर मटर अलसी की फसल को नुकसान पहुॅचा है

वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे

बैठक में कलेक्टर ने पानी बचाने के लिए सूखी होली खेलने का आग्रह किया

बैठक में राजस्व वसूली नामांतरण सहित अन्य मामलों पर चर्चा की जायेगी

वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे